इस मामलें में दोषी पवन ग्प्ता मुकेश सिंह विनय शर्मा और अक्षय क्मार सिंह को फांसी देने के लिए यह चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है इससे पहले चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तीन बार डेथ वारंट जारी किए गए थे लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते तीनों बार फांसी टालनी पड़ी थी अब दोषियों के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है

सीएम कोरोना मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कोरोना वायरस की रोकथाम में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने और सभी जिलों में इसकी तैयारियाँ पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं आज उन्होंने मंत्रालय में नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तैयारियों की समीक्षा की प्रदेश में कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी पॉजीटिव प्रकरण नहीं पाया गया है हमारे छतरपुर संवाददाता ने बताया कि खजुराहो घूमने आये इटली के पर्यटकों में इस वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं हालाकिं पर्यटकों को यहां से दिल्ली रवाना कर दिया गया है ताकि वे अपने देश वापस जा सकें उधर उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आज होटल मालिकों और कर्मचारियों की बैठक लेकर कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी गई

ग्वालियर शिवपुरी खंडवामंदसौर और दतिया सहित कई जिलों में आज इस वायरस से निपटने की तैयारियों का आकंलन करने के लिए मॉकड़िल हुई

इस अवसर पर हम प्रादेशिक समाचारों में ऐसी महिलाओं की खबरें प्रसारित कर रहे हैं जो प्रदेश में दूसरों के लिए मिसाल बन गई हैं आज हम बता रहे हैं खंडवा में सीड्स संस्था की अध्यक्ष अनिता सिंह चौहान की दास्तां उन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को जागरूक कर अलग अलग रोजगार से जोड़ा है अनिता सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि महिलाओं को कानूनी जागरूकता शिक्षा स्वास्थ्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए

यह ब्याज दर मौजूदा वित्त वर्ष से लागू होगी अभी तक भविष्य निधि जमा पर आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत की दर से ब्याज मिल रहा था यह जानकारी आज केन्द्रीय श्रममंत्री संतोष गंगवार ने दी गौरतलब है कि ब्याज दरों में कमी करने के फैसले पर श्रम मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेना होगी

सभाओं में महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास लोक परम्पराओं तथा सामाजिक कुरीतियों जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी

यहां मुख्यमंत्री कमलनाथ नई योजनाओं को शुरूआत करने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी महिलाओं को सम्मानित करेंगे

इस पुस्तक में बेटियों की बेहतरी के लिए किये जा रहे नवाचारों और उनकी सफलता की कहानी को शामिल किया गया है

हमारे अशोकनगर संवाददाता ने बताया कि जल्दी ही शुचिता अभियान को जन औषधि केन्द्रों से भी जोड़ा जायेगा फुलवारी प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के तीन वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने और उन्हें पौष्टिक आहार देने के लिए राज्य सरकार फुलवारी नाम से एक योजना शुरू करेगी

इनमें दिये जाने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता पर भी विशेष नजर रखी जायेगी

सबसे अधिक तीन सेंटीमीटर बारिश राजनगर में दर्ज की गई अनूपपुर में बारिश और ओलावृष्टि से दलहन और तिलहन फसलों को नुकसान हुआ है